रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि तीन हजार से अधिक श्रमिक रेलगाडियां सफलतापूर्वक चलाई गयी और उन्होंने प्रवासी श्रमिकों देश के विभिन्न भागों उनके गृह राज्य में पहंचाया एक ट्वीट में श्री गोयल ने सभी राज्यों से अपील की कि वे रेलवे और श्रमिक बंध्ओं के साथ सहयोग करें

आंध्र प्रदेश के लिए आज से जबकि पश्चिम बंगाल में गुरूवार से व्यावसायकि उडानें शुरू की जाएंगी

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल म्रैना की ग्राम पंचायत पहाड़ी के निर्माणाधीन तालाब निर्माण कार्य का निरीक्षण किया वहीं दमोह से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में अभी तेरह हजार से अधिक कार्य प्रगति पर है जिनमें चार हजार आठ सौ कार्यो पर लगभग बियालिस हजार श्रमिक नियोजित है श्रमिक भी मजद्री मिलने से सरकार का आभार जता रहे हैं

सबसे ज्यादा संक्रमित इवौर जिले में लंबे समय बाद एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से लॉकडाउन में थोड़ी राहत मिलने जा रही है सागर जिले संक्रमितों की संख्या पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ रही है

हालांकि एक राहत की खबर भी आई है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि तीनों नए केस पहले पॉजिटिव मरीज की कांटेक्ट हिस्ट्री से हैं

हालांकि जिले का पहला मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुका है

विदिशा में कोरोना चिन्हित दो महिलाएं जिला चिकित्सालय क्यूरेन्टाइन परिसर से स्वस्थ होकर घर लौटीं

कल जिले के बेनी में दो और मोहझरी में एक मरीज पाजेटिव आया है

उधर ग्वालियर में केंद्रीय जेल में कैदी कोरोना पॉजिटिव मिला है

इस दौरान श्री पटेल ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही से किसानों को अपेक्षाकृत कम न्कसान हआ है उन्होंने बताया कि टिड्डी दल के प्रकोप के कारण किसानों को होने वाले न्कसान का सर्वेक्षण कराया जाएगा श्री पटेल ने बताया कि जिन किसानों को अधिक मात्रा में न्कसान हुआ है उन्हें म्आवजा देकर क्षतिपूर्ति की जाएगी मौसम नौतपा में सूरज के तेवर और तीखे हो गए हैं

इसमें छतरप्र ग्वालियर रीवा सीधी खरगौन नरसिंहपुर मुरैना सतना उमरिया शाजापुर दमोह टीकमगढ़ गुना व खजुराहो का नाम शामिल है

मौसम विभाग के अन्सार नौतपे के दूसरे दिन आज भी ग्वालियर चंबल रीवा सागर व शहडोल संभाग के जिलों सहित शाजाप्र आगर राजगढ़ रायसेन खंडवा खरगौन जबलप्र बालाघाट कटनी छिंदवाड़ा एवं नरसिंहप्र जिलों में लू चलने की आशंका है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी

इससे पहले सीबीएसई ने केवल तीन हजार केंद्रो पर परीक्षाएं कराने का निर्णय किया था परीक्षा केनद्वों की संखय्ना बढ़ाने का निर्णय इसलिए किया गया ताकि सामाजिक दूरी स्निश्चित की जा सके और छात्रों को परीक्षा देने के लिए जयादा दूर न जाने पड़े

पार्टी देशभर में इस मौके पर आभासी रैली का आयोजन करेगी और एक हजार से अधिक ऑनलाइन बैठकें करेगी

इसके तहत छूटे हुए और बाहर से आए बच्चों एवं गर्भवती माताओं का हेडकाउट कर टीकाकरण किया जा रहा है

कलेक्टर संजय कुमार ने कहा है कि कृषक के परिवार की म्ख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत हर सम्भव मदद की जाएगी